गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाने से प्रदेश में आतंकवाद का खात्मा होगा और राज्य विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा

ग्रहमंत्री आज चेन्नई में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पर एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि देशहित में ही अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाया गया है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है

लोक शांतिपूर्वक रह रहे हैं और उन्होंने स्वयं को नई व्यवस्था के अनुरूप ढाल लिया है क्योंकि वे स्वयं चाहते थे कि ऐसा हो वास्तव में लोग अपने अधिकार फिर से प्राप्त करना चाहते थे इधर घाटी में धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल हो रही है श्रीनगर के जिला विकास आयुक्त शाहिद चौधरी के अनुसार शहर के अधिकतर हिस्सों में लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी गयी है उन्होंने कहा कि श्रीनगर में ढाई सौ से ज्यादा एटीएम काम कर रहे हैं और कर्मचारियों के खातों में अग्रिम वेतन कल ही भेज दिया गया है प्रतिबंधों में ढील के दौरान सड़कों पर सैकड़ों लोग ईद की खरीदारी करते देखें गए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य के सभी नौ मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में दशहरा तक आई बैंक की स्थापना कर दी जाएगी श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजों को डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपये आवंटित किये जा चुके हैं उपमुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में आई बैंक की स्थापना से हर साल एक हजार कॉर्निया प्रत्यारोपण का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा इस अवसर पर सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय सहित अन्य लोग शामिल हुए इस मौके पर श्री पाण्डेय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के लोगों को भी अंगदान के लिए प्रेरित करेगी लोगों को अंगदान के लिए जागरूक बनाने के लिए प्रदेश में आज से पच्चीस अगस्त तक अंगदान पखवाड़ा का आयोजन भी शुरू किया गया है शहीद दिवस के मौके पर आज पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जान न्यौछावर करने वालो को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित शहीद स्मारक परिसर में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ बियालीस को अंग्रेजों से लड़ते हुए राज्य के सात युवा देशभक्त पटना स्थित सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के दौरान अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गये थे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव के साथ शहीद के परिजनों ने भी उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की इधर शहीद ख़ुदीराम बोस की पुण्य तिथि भी शहादत दिवस के रूप में मनायी गयी आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने खुदीराम बोस को केंद्रीय जेल मुजफ्फरपुर में फांसी दे दी थी नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने अमर शहीद खुदीराम बोस के फांसी स्थल पर श्रद्वांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया इस अवसर पर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त पुलिस उप महानिरीक्षक जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ जिले के सभी वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे ईद उल अज़हा का त्योहार कल मनाया जाएगा इस अवसर पर आयोजित विशेष नमाज़ की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं पटना के गांधी मैदान में सुबह आठ बजे नमाज़ अदा की जाएगी जिला प्रशासन ने सभी नमाज़ स्थलों पर सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है वहीं सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखें राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल अज़हा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि अनुपम त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करने वाला यह पर्व हमारे जीवन में सहिष्णुता सद्भावना प्रेम और बंधुत्व की भावना संचालित करता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ईद उल अज़हा का त्योहार असीम आस्था का त्योहार है मुख्यमंत्री ने इस त्योहार को मेल जोल आपसी भाईचारा और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है कल सावन की आखिरी सोमवारी है इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तगण भगवान शिव की पूर्जा अर्चना करेंगे मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान मधुबनी के कपिलेश्वर स्थान रोहतास के गुप्ताधाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों को पूजा के लिए आकर्षक ढंग से सजाया गया है इन स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध भी किये गये हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने कहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय संगीत का संरक्षण कर रहे हैं श्री प्रकाश ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि निजी चैनलों की तुलना में आकाशवाणी और दूरदर्शन भारत की विरासत और विविधता को सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे किसी संदेश को सत्यापित किये बिना सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय से नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्टज पर प्रसारण शुरू होने से भागलपुर के लोग सामुदायिक रेडियो से जुड रहे हैं

श्री कुमार ने बताया कि फिलहाल दो घंटे के कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं जिसे आगे बढ़ाने की योजना है बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वाधान में आज यूवा साहित्य सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों से चयनित सौ युवा साहित्यकारों को शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया गया इस अवसर पर विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिन्दी अपनी सरलता और मिठास के कारण देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय है

निगम के अधिकारी अनुज दत्ता ने बताया है कि पहली ट्रेन गंगा स्नान स्पेशल असम के गुवाहाटी से छब्बीस अगस्त को खुलेगी और कटिहार होते हुए हरिद्वार ऋषिकेश और वाराणसी के गंगा घाटों तक जाएगी वहीं दूसरी भारत दर्शन ट्रेन पर्यटकों को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएगी यह ट्रेन तीन नवंबर को अरूणाचल प्रदेश के अगरतला से खूलकर कटिहार होते हुए वैष्णो देवी के लिए जाएगी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नवीं और ग्यारहवीं कक्षा के लिए छात्रों का पंजीकरण पंद्रह अक्टूबर तक होगा इसके लिए सीबीएसई की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है पंद्रह अक्टूबर तक पंजीकरण कराने वाले छात्रों को तीन सौ रुपये प्रति विषय की दर से शुल्क जमा करना होगा वहीं सोलह से इकतीस अक्टूबर तक दो हजार रुपये विलम्ब शुल्क के साथ छात्र पंजीकरण करा सकते हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय के तहत विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं इसके लिए अभ्यर्थी उन्नीस अगस्त से आठ सितम्बर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं विशेष जानकारी परिषद की वेबसाईट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट बिहार विधान परिषद डॉट जी ओ वी डॉट इन पर प्राप्त की जा सकती है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत शेखपुरा में किसानो के निबंधन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है इस योजना के तहत किसानों के साठ वर्ष की आयु पूरा होने पर तीन हजार मासिक पेंशन देने का प्रावधान है उत्पाद विभाग की टीम ने अररिया जोकीहाट मार्ग के भंगिया डायवर्शन के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन से दो सौ चौंसठ लीटर शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है